मोदी फिट इंडिया संवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देशव्यापी ऑनलाइन फिट इंडिया संवाद के दौरान तंदुरुस्ती को बढ़ावा देने वाले प्रभावशाली व्यक्तियों और नागरिकों से बातचीत करेंगे इस कार्यक्रम का आयोजन फिट इंडिया आंदोलन के एक साल पूरे होने पर किया जा रहा है कार्यक्रम के प्रतिभागी इस दौरान प्रधानमंत्री से अच्छे स्वास्थ्य और फिटनेस के बारे में मार्गदर्शन लेने के साथ ही अपनी तंदुरुस्ती की कहानियां सुनाएंगे और अन्य लोगों को इस सिलसिले में आवश्यक सलाह भी देंगे कार्यक्रम में शामिल होने वाली हस्तियों में विराट कोहली मिलिंद सोमन और रूजुता दिवेकर से लेकर और भी तमाम लोग होंगे फिट इंडिया संवाद की परिकल्पना स्वयं प्रधानमंत्री ने लोक अभियान के तौर पर की थी और यह अब भारत को स्वस्थ और तंद्रुस्त राष्ट्र बनाने के लिए नागरिकों को शामिल करने की योजना का एक अहम प्रयास बन गया है

भोपाल के मिंटो हॉल में आयोजित कार्यक्रम में वे वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्रामीण पथ विक्रेताओं से चर्चा भी करेंगे कार्यक्रम में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया और राज्य मंत्री रामखिलावन पटेल भी वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल होंगे प्रदेश के अन्य जिलों में भी ऋण वितरण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे सीएम इन्दौर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आने वाले तीन वर्षो में इंदौर में हर झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को पक्का आवास मुहैया कराया जाएगा

श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को दीर्घकालिक लाभ दिलाने वाली योजनाओं पर काम कर रहे हैं कृषि से संबंधित पारित तीनों विधेयक किसानों के लिए वरदान हैं ये किसानों की आय को दोगुना कर उन्हें सशक्त बनाएंगे मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार समाज के हर वर्ग के विकास के लिए कृतसंकल्पित है

बैठक में निजी अस्पताल संचालकों ने कोरोना मरीजों के उपचार के लिये तय की गई दरों को सुचना पटल पर प्रदर्शित करने की बात भी स्वीकार की निधन केन्द्रीय रेल राज्यमंत्री सुरेश अंगड़ी का कोरोना संक्रमण से निधन हो गया

उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताते हुए कहा कि अंगड़ी एक साधारण कार्यकर्ता थे जिन्होंने कर्नाटक में भाजपा को मजबूत किया

उन्होंने कहा कि इस निर्णय से राज्यों को कोरोना वायरस से निपटने के लिए अधिक धन मिल सकेगा महाराष्ट्र उत्तरप्रदेश सहित छह राज्यों और एक केन्द्र शासित प्रदेश के मुख्यामंत्रियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये बातचीत करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कोविड से निपटने के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को और मजबूत करने की आवश्यकता है प्रधानमंत्री ने संक्रमित व्यक्तियों और उनके संपर्को का पता लगाने के लिए ट्रेकिंग और ट्रेसिंग नेटवर्क में सुधार लाने और इस बारे में स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बेहतर परीक्षण सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया उन्होंने कहा कि देश को सिर्फ वायरस से लडने की आवश्यकता नहीं है बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी मजबूती से आगे बढने की आवश्यकता है

केला क्लस्टर एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत कि बुरहानपुर में केला एक्सपोर्ट क्लस्टर बनाया जाएगा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल बुरहानपुर प्रवास के दौरान इसकी घोषणा की इस दौरान श्री चौहान ने कहा कि जिले के केले को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई जाएगी वहीं यहां केला आधारित उद्योगों की स्थापना की जायेगी

जनकल्याण कार्यक्रम प्रदेश के स्कूल शिक्षा व सामान्य प्रशासन मंत्री इन्दरसिंह परमार ने कल आगरमालवा में कहा कि केन्द्र एवं राज्य सरकार गरीबों के कल्याण के लिये कृत संकल्पित है श्री परमार कल मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना संबंल के अन्तर्गत अनुग्रह सहायता राशि वितरण के जिला स्तरीय कार्यक्रम में बोल रहे थे

ग्वालियर जिले के डबरा में आयोजित कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी शामिल हुई

जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा कि फसल कटाई प्रयोग के आंकड़ों की विसंगति की दूर कर पात्र किसानों को दावा राषि सीधे उनके खाते में दी जाएगी

जिससे जो छात्र पूर्व में रजिस्ट्रेशन नहीं कर सके है वे इस अवधि में रजिस्ट्रेशन और च्वाइस फिलिंग कर सकते हैं मौसम प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में कल से बारिश का एक और दौर शुरू हुआ है राजधानी भोपाल में देर रात तक रूक रूककर बारिश जारी रही इससे तापमान में गिरावट आई है

इसमें बच्चों को खेलकूद सामग्री का वितरण भी किया गया